मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा प्रजातंत्र में पवित्र भावना के साथ वोट देना ही सबसे बड़ा दान लोगों से की बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में तराई अक्व और बुन्देलखंड अंचलों की शाहजहांपुर हरदोई मिश्रिख इटावा और जालौन सुरक्षित सीटों समेत उन्नाव फर्रुखाबाद कन्नौज कानपुर अकबरपुर झांसी हमीरपुर लखीमपुर खीरी लोकसभा सीटों और निघासन विधानसभा उप चुनाव सीट के लिये मतदान अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गया है निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिये सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है

शाहजहांपुर संसदीय सीट पर भी तय समय से पहले ही मतदान केन्द्रों पर मतदाता पहुंच गये

हमीरपुर में सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है लोग कतार में लग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं

इन तेरह संसदीय क्षेत्रों में सत्रह हजार ग्यारह मतदान केन्द्र और सत्ताईस हजार पांच सौ सोलह मतदेय स्थल बनाये गये हैं यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं इस बार शत प्रतिशत मतदेय स्थलों पर वीवी पैट का इस्तेमाल किया जायेगा प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर ल ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रयासों और बलिदान से देश को आजादी मिली है इन्दिकार और वोट देने का अविकार प्राप हुआ है उन्होन कहा कि प्रजातंत्र में पतित मावन के साथ वोट देन ही सबसे बड़ा दान है

पत्र सुचना कार्यालय लखनऊ द्वारा उन्नाव जिले में मुसन्डी के पास दरगाह ए साबरी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार का बहुत बड़ा महत्व होता है स्वतंत्र निष्पक्ष और शातिपूर्ण मतदान के सभी उपाय किये गये हैं

का संचालन उप निदेशक मीडिया डॉ श्रीकांत श्रीवास्तव ने किया लोकसभा चुनाव के पांचवें और शेष चरणों के लिये प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियों को संबोधित कर रहे हैं

तेज धूप और लू चलने से आम लोगों के साथ पशु पक्षियों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा रहता है लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से अमी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है मौसम साफ रहेगा और तापमान में वृद्धि बनी रहेगी